पार्टी ने नई दिल्ली में विधान सभा चुनावों में जीत का जश्न मनाया एक सौ पच्चीस सीटों पर जीत के साथ एनडीए को स्पष्ट बहुमत

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जीत का जश्न मनाया और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे इससे पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस विजय के लिये सभी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के प्रति आभार जताया है

चुनाव परिणामों में गठबंधन ने दो सौ तैंतालीस सीटों में से एक सौ पच्चीस सीटों पर जीत हासिल की है जबकि राजद के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन को एक सौ दस सीटों पर विजय प्राप्त हुई है एनडीए के घटक दलों में सबसे अधिक भाजपा को चौहत्तर सीटें मिली हैं वहीं जदयू को तैंतालीस विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल हुई है हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी को चार चार सीटें मिली हैं दूसरी ओर महागठबंधन में सबसे अधिक राष्ट्रीय जनता दल ने पचहत्तर और कांग्रेस ने उन्नीस सीटों पर विजय प्राप्त की सीपीआई और सीपीएम को दो दो सीटें मिली हैं सीपीआई माले ने बारह सीटों पर जीत दर्ज की है पार्टी ने उन्नीस सीटों पर चुनाव लड़ा था वहीं असदउद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम को पांच सीटें मिली जबकि लोक जनशक्ति पार्टी बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी एक एक सीट पर विजयी हुए हैं विधानसभा चूनाव परिणाम पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बिहार ने द्रनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया था और अब उसने एक बार फिर विश्व को यह बताया है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है उन्होंने बिहार के एन डीए का समर्थन करने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि लोगों के आशीर्वाद से बिहार में एक बार फिर से लोकतंत्र की जीत हुई है उन्होंने कहा कि एन डी ए के सुशासन को पंद्रह वर्ष के बाद भी लोगों का आशीर्वाद मिलना इस बात का सूचक है कि बिहार के लोगों की उम्मीदें और सपने क्या हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के हर वर्ग ने एनडीए के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर भरोसा जताया है इधर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चूनाव में एनडीए को बहुमत देने के लिये बिहार की जनता के प्रति आभार जताया है श्री कुमार ने कहा कि जनता मालिक है और उसे वे नमन करते हैं ट्वीटर पर अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहयोग के लिये उनको धन्यवाद दिया है श्री कुमार ने चुनाव के बाद यह पहली प्रतिक्रिया दी है वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी बिहार में एक बार फिर विकास प्रगति और सुशासन चुनने के लिए राज्य की जनता का आभार जताया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बिहार विधानसभा चूनाव में एनडीए की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सफल नेतृत्व को दिया साउंड बाईट बिहार में और पूरे देशमर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली है वो देश की जनता की इच्छा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी पर लोगों का अटूट विश्वास है और वो दिन ब दिन बढ़ रहा है जदयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के सी त्यागी ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास की सरकार को चुना है जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से भरोसा जताया है लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भरोसा जताया है वहीं राजद के प्रवक्ता मनोज झा ने मतगणना के दौरान धांधली का आरोप लगाते हुये कहा कि जनमत के साथ खिलवाड़ हुआ है कांग्रेस के नेता और विधान पार्षद प्रेम चंद्र मिश्र ने कहा है कि यह जनादेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नहीं है उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए सीपीआई के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने कहा कि चुनाव में वामपंथी पार्टियों का प्रदर्शन बेहतर रहा है उन्होंने कहा कि बदलाव के पक्ष में जनता के निर्णय का पार्टी सम्मान करती है विधानसभा चूनाव में इस बार पच्चीस महिला उम्मीदवारों की जीत हुई है यह संख्या पिछले चुनाव की तुलना में कम रही है दो सौ तैंतालीस सदस्यों वाली विधानसभा में कुल तीन हजार सात सौ तैंतीस उम्मीदवार खड़े थे जिनमें महिलाओं की संख्या तीन सौ सत्तर थी पिछली बार अठाईस महिलाओं को जीत हासिल हुई थी कई जिलों में चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि सीतामढ़ी में आठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से सात में नये चेहरों को मतदाताओं ने मौका दिया है

राष्ट्रीय जनता दल को सबसे अधिक तेईस दशमलव एक एक प्रतिशत वोट मिले हैं कुल डाले गये मतों में से संतानवे लाख छत्तीस हजार से अधिक वोट राजद के पक्ष में है वहीं भाजपा को उन्नीस दशमलव चार छह प्रतिशत वोटरों ने अपना समर्थन दिया पार्टी के पक्ष में बयासी लाख से अधिक मतदाताओं का समर्थन रहा वहीं लगभग पैंसठ लाख मत पाकर तीसरे स्थान पर जदयू रहा जदयू को पन्द्रह दशमलव तीन नौ प्रतिशत मत प्राप्त हुये कांग्रेस को नौ दशमलव चार आठ प्रतिशत मत मिले जबकि लोजपा को पांच दशमलव छह छह प्रतिशत मतों से संतोष करना पड़ा लोक जनशक्ति पार्टी को कुल डाले गये मतों में से लगभग चौबीस लाख वोट प्राप्त हुए हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को सात लाख चौवालीस हजार से अधिक वोट मिले लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी असदउद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पांच सीटें जीती और उसे पांच लाख तेईस हजार से अधिक मत प्राप्त हुए वहीं सात लाख छह हजार से अधिक मतदाताओं ने नोटा के विकल्प का इस्तेमाल किया गौरतलब है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सात करोड़ उनतीस लाख से अधिक मतदाताओं में से चार करोड़ ग्यारह लाख ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया विधान परिषद् के द्विवार्षिक चुनाव के तहत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार चार सीटों के लिये मतगणना कल होगी पटना दरभंगा तिरहुत और कोसी स्नातक क्षेत्र तथा पटना शिक्षक दरभंगा शिक्षक तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिये कल मतों की गिनती की जायेगी मतगणना सुबह आठ बजे शुरू होगी इसके लिये विभिन्न केन्द्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं किसी भी प्रकार के विजय जुलूस और मजमा लगाने पर रोक रहेगी कोविड से बचाव के लिये सभी आवश्यक उपाय किये गये हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे दशमलव छह चार प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है अब तक दो लाख सत्रह हजार चार सौ बाईस मरीज ठीक हो चुके हैं इस समय छह हजार तीन सौ बानवे मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटों में सात सौ दो नये मरीजों की पहचान हई है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनूसार पटना में सर्वाधिक एक सौ चौरानवे नये मामलों की प्रष्टि हुई है वहीं पूर्णिया में अठहत्तर सहरसा में बावन मुजफ्फरपुर में सैंतीस गया और नवादा में तेईस तेईस जबकि सारण सीतामढ़ी और सुपौल में बीस बीस नये मामले सामने आये हैं प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है नई दिल्ली की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए चार प्रमुख सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की उन्होंने अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड उन्नीस से संक्रमित होने की स्थिति में खुद को आम लोगों से अलग रखने की आवश्यकता पर बल दिया साउंड बाईट चार चीजे हाथ अपने साफ रखने है मास्क हमेशा पहनना है फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है और खांसी जूखाम किसी का गला खराब हो तो अपने को अलग रखना है और त्योहार के समय में अभी सीजन में इसका और खास ध्यान रखना है क्योंकि अगर हम ये साक्धानी नहीं बरतेंगे तो अपने घरवालों के अलावा दूसरों को भी कोरोना फैला सकते हैं केन्द्र सरकार ने इंटरनेट पर उपलब्ध ऑनलाइन फिल्मों दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों ऑनलाइन समाचार और समसामायिक विषयों के कार्यक्रमों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाने का आदेश जारी कर दिया है इससे नेटपिलिक्स हॉटस्टार प्राइम वीडियो और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स जैसे ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफार्म के प्रसारण अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आ जाएंगे आज नई दिल्ली में जारी गजट अधिसूचना में इसकी घोषणा की गई है फिलहाल डिजिटल सामग्री के विनियमन के लिए भारत में कोई स्वायत्त संगठन या कानून नहीं है देश में भारतीय प्रेस परिषद मुद्रित माध्यम यानी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली सामग्री को देखती है समाचार चैनलों पर ध्यान देने के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एनबीए है जबकि एडवरटाइजिंग स्टैंडर्डस कॉउंसिल ऑफ इंडिया विज्ञापनों का ध्यान रखती है इसके अलावा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी फिल्मों की निगरानी करता है

पार्टी ने नई दिल्ली में विधान सभा चुनावों में जीत का जश्न मनाया एक सौ पच्चीस सीटों पर जीत के साथ एनडीए को स्पष्ट बहमत